उन्होंने कहा कि श्रीलंका में स्थिरता सुरक्षा और खुशहाली भारत सहित पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र के हित में है श्री मोदी ने यह बात कल नई दिल्ली में श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्ष के साथ वार्ता के बाद कही दोनों नेताओं ने आतंकवाद से मुकाबले के लिए सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया द्विपक्षीय संबंधों पर भी व्यापक चर्चा की गई और व्यापार तथा निवेश बढाने का संकल्प व्यक्त किया गया श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने मछआरों के मृद्दे पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया है श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने श्री मोदी की पड़ोसी प्रथम नीति की प्रशंसा की उन्होंने कहा कि भारत श्रीलंका का निकटतम और विश्वसनीय मित्र रहा है दोनों देशों के संबंध ऐतिहासिक हैं और मजबृत नींव पर आधारित हैं श्री राजपक्ष पांच दिन के भारत दौरे पर हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा है उधर श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिन्दा राजपक्ष आज वाराणसी के दौरे पर पहंचे जहां स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया श्री राजपक्ष ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंच कर पूजा अर्चना की श्री राजपक्ष भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ भी गए इस दौरान उन्होंने सारनाथ पुरातात्विक संग्रहालय का भी अवलोकन किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षित करने के लिए इस साल से इंटर्नशिप स्कीम की शुरूआत करने की घोषणा की है इस योजना के अंतर्गत कक्षा दस कक्षा बारह और स्नातक में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को विभिन्न तकनीकी संस्थानों और उद्योगों में प्रशिक्षण हेत् भेजा जाएगा इस दौरान इंटर्नशिप करने वाले प्रत्येक छात्र छात्रा को प्रति माह मानदेय के रूप में दो हजार पांच सौ रुपये दिए जाएंगे मुख्यमंत्री आज गोरखपूर के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपूर विश्वविद्यालय में श्रम और सेवा योजन विभाग द्वारा आयोजित रोजगार मेले में युवाओं को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि इंटर्नशिप के दौरान प्रशिक्षओं को दिए जाने वाले मानदेय की राशि में एक हजार पांच सौ रूपये केंद्र सरकार द्वारा और एक हजार रुपये प्रदेश सरकार की ओर से दिए जाएंगे श्री योगी ने कहा कि प्रशिक्षण की अवधि पूरी होने के बाद सरकार युवाओं को रोजगार देने की व्यवस्था भी करेगी उन्होंने कहा कि इसके लिए एक एचआर सेल भी बनायी जाएगी अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बालिकाओं के सशक्तीकरण के लिए निरन्तर कदम उठा रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में पुलिस भर्ती में बीस प्रतिशत बालिकाओं को अनिवार्य रूप से भर्ती किए जाने का निर्णय लिया है नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि पन्द्रह जनवरी या इसके बाद चीन यात्रा कर चुके विदेशियों को भारत में प्रवेश नहीं दिया जाएगा महानिदेशालय ने एयरलाइंस को भेजे परिपत्र में कहा है कि ऐसे विदेशियों को नेपाल भूटान बांग्लादेश और म्यांमा भू सीमा समेत किसी हवाई अड्डे या बंदरगाह से भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी उधर चीन में कोरोना वायरस से ग्रस्त मरीजों की संख्या सैंतीस हजार से अधिक हो गई है अब तक आठ सौ से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है विदेशों में भी लगभग तीन सौ लोग कोरोना वायरस की चपेट में हैं संत रविदास की जयंती पर आज उनकी जन्मस्थली वाराणसी के सीर गोर्व्धनपुर स्थित मंदिर में भारी संख्या में अनुयायियों ने पहुंचकर दर्शन पूजन किया इस अवसर पर आयोजित मेले में देश भर से श्रद्वाल् पहुंचे हैं नगर में जगह जगह लंगर और प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संत रविदास की जयंती पर श्रद्वाजलि अर्पित की है श्री मोदी ने कहा कि न्याय समानता और सेवा पर आधारित संत रविदास की शिक्षा हर युग में लोगों को प्रेरित करती रहेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को संत रविदास की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाए दी हैं श्री योगी ने आज गोरखप्र के अलवापुर में संत रविदास मंदिर पहुंचकर दर्शन किया माघी पूर्णिमा पर आज श्रद्वालुओं ने प्रदेश की विभिन्न नदियों में पवित्र स्नान किया वाराणसी में गंगा तट पर आज सुबह से ही श्रद्वालुओं की भारी भीड़ रही श्रद्वालुओं ने दशाश्वमेध घाट शिवाला घाट अस्सी घाट संत रविदास घाट समेत विभिन्न घाटों पर स्नान कर पूजा अर्चना की प्रयागराज में माघ मास के पांचवें स्नान पर्व पर आज लाखों श्रद्वालुओं ने त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया संगम तट पर आयोजित माघ मेले का भी आज से समापन हो रहा है देश भर से भारी संख्या में आए श्रद्वालु पिछले एक माह से संगम तट पर कल्पवास कर रहे हैं